चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए प्रदेश के छह संसदीय क्षेत्रों में आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया इसके बाद इन सभी क्षेत्रों में प्रत्याशी सिर्फ घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे

इसी दिन छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होना है

उधर बसपा प्रमुख मायावती ने आज रीवा में चुनाव रैली को संबोधित किया सभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की नीयत में खट है

उधर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने आज दमोह मंडला बालाघाट और खजुराहो में जनसभाएं की वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस उम्मीदवार अपने बेटे नकुलनाथ के लिए आज छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में चुनावी सभा कीं श्री कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता से किये वायदे पूरे किये और किसानों का कर्ज माफ किया है छिंदवाड़ा से नक्लनाथ लोकसभा का और कमलनाथ विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं उधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी छिंदवाड़ा में भाजपा उम्मीदवार नत्थन शाह के समर्थन में सभाएं कीं विक्रमादित्य पोत आग कर्नाटक के कारवार में युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य पर आग बुझाने के दौरान शहीद हुए रतलाम निवासी नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेद्रसिंह चौहान का कल अंतिम संस्कार किया जाएगा

गौरतलब है कि श्री चौहान ने युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य पर टीम का नेतृत्व करते हुए तत्काल आग पर नियंत्रण पा लिया था इससे पोत की लड़ाकू क्षमता पर तो असर नहीं पड़ा लेकिन वहां धुएं के चलते वे बेहोश हो गए नौसेना के कारवार अस्पताल ले जाने पर उनका इलाज किया गया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी

एयर इंडिया लोहानी एयर इंडिया विमान कंपनी की यात्री सेवा प्रणाली का साफ्टवेयर आज तड़के साढे तीन बजे सर्वर सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण छह घंटे के लिये बंद कर दिया गया था

अब एयर इंडिया कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अश्विनी लोहानी ने उम्मीद जाहिर की है कि एयर लाइंस का संचालन आज रात तक सामान्य हो जाएगा उन्होंने कहा कि उडानों का कार्यक्रम फिर से निर्धारित किया जाएगा और यात्रियों को इसकी सूचना दी जाएगी बीसीसीआई अर्जुन पुरस्कार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी जसप्रीत बुमराह रवीन्द्र जडेजा और पूनम यादव को अर्जुन पुरस्कार देने की सिफारिश की है उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने आज नई दिल्ली में एक बैठक में यह निर्णय लिया

वे इंग्लैंड में आगामी विश्व कप में भारतीय गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में तेज गेंदबाज शमी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी

वे इन अनुमतियों के लिये ऑफलाइन आवेदन के साथ आनलाइन आवेदन भी कर सकते है चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अनुमतियां देने के लिये रिर्टनिग अधिकारी और सहायक रिर्टनिग अधिकारियों के कार्यालय में सिंगल विडो सिस्टम बनाया गया है आयोग ने पारदर्शिता को देखते हुए किसी भी कार्य की अनुमति के लिये पहले आओ पहले पाओ की सुविधा दी है इसके लिये सुविधा ऐप पर तय समय से पहले आनलाइन आवेदन करना होगा चुनाव निशुल्क इलाज लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के निशुल्क इलाज के लिए चुनाव आयोग ने उचित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं ड्यूटी के दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने या दुर्घटना का शिकार होने पर निजी या शासकीय अस्पताल में उसका निशुल्क उपचार कराया जाएगा इलाज में आने वाला खर्च चुनाव आयोग द्वारा दिया जाएगा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इलाज में होने वाले खर्च का ब्यौरा संबंधित अस्पताल से प्राप्त कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल को भुगतान के लिए भेजना होगा शोकाज नोटिस लोकसभा चुनाव के मददेनजर भोपाल जिले की सातों विधानसभाओं के लिये नियुक्त सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया कलेक्टर ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बारह सेक्टर अधिकारियों की अनुपस्थित पर नाराजगी जाहिर करते हुए शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश जारी कर दिये है

नीमच में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कल सुबह लायन्स पार्क चौराहे से मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है इसके अलावा योग नृत्य और गायन का आयोजन भी रखा गया है इधर होशंगाबाद के पचमढ़ी में साडा और कैंट इलाके में साइकिल रैली कर मतदाताओं को जागरुक किया वहीं सतना में मतदाता जागरूकता को लेकर स्थानीय टाउन हाल में काव्यगोष्ठी का आयोजन किया गया है यहां शहर में शराब दुकानों पर भी मतदाता जागरूकता के बैनर लगाये गये हैं मंडला में शिक्षा एवं जनजाति कार्य विभाग द्वारा स्वीप की गतिविधियां गांव गांव में आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है मनेरी विकासखंड में छात्र छात्राओं ने माता पिता व अभिभावकों को पत्र लिखकर मतदान करने की अपील की नरसिंहपुर जिले में पीले चावल देकर लोगों को मतदान करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है खंडवा के उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ने वाले ग्रामीण इलाकों के छात्र छात्राओं ने भी इसी तरह अपने अभिभावकों से मतदान करने की अपील की उधर डिण्डोरी में जिला स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें मतदाता जागरूकता के नारे स्लोगन के जरिए लोगों से मतदान की अपील की गई

मुरैना नाम वापसी प्रदेश के मुरैना संसदीय क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया

यहां मुख्य मुकाबला केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर और कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामनिवास रावत के बीच है

इस कार्यक्रम का आयोजन श्यामला हिल्स स्थित बोट क्लब पर किया जाएगा इसमें प्रदेश के कलाकार और छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया है